प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से प्रभावित सभी देशों से आतंक के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर दिया बल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की गतिविधियां हुई तेज बसपा प्रमुख मायावती ने फिर कहा उनकी पार्टी कांग्रेस से तालमेल कर किसी भी राज्य में नहीं लड़ेगी चुनाव कानपुर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से छ लोगों की मौत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बांग्लादेश का मजबूत खुशहाल और प्रगतिशील होना भारत के हित में है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से प्रभावित सभी देशों से आतंक के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैय्यप एर्दोआन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है श्री एर्दोआन ने हाल में हुए आतंकी हमलों में लोगों की मृत्यू पर शोक व्यक्त किया और घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की कामना की प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान के साथ भी बातचीत की दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में बढ़ते आपसी सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की और महत्वपूर्ण तथा व्यापक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्दता दोहराई इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवराज को धन्यवाद दिया इस बीच भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदेल बिन अहमद अल जुबैर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री ने हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता व्यक्त करने के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ दांडी मार्च करने वाले सभी आंदोलनकारियों को कल श्रद्वांजलि अर्पित की नवासी वर्ष पहले कल ही के दिन महात्मा गांधी ऐतिहासिक दांडी यात्रा पर निकले थे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 भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तहत देश सुरक्षित है अपने फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले नीतिगत फैसले से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने महसूस किया है कि अगर वह आतंकियों को संरक्षण देता है तो यह उसके लिए महंगा पड़ेगा तथा विश्व ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई समिति के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल हुई पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति पर मामलों को देखने के लिये विभिन्न समितियों का गठन किया है और विभिन्न मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिये लोगों से राय मांगी है बह्जन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने फिर कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस से तालमेल कर के किसी भी राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिये राज्यों के बसपा प्रमुखों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस से चुनावी तालमेल या समझौता नहीं करेंगे हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट लखनऊ में पार्टी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में बहजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश को छोड़कर द्रसरे राज्यों के नेताओं की बैठक हुई बैठक में मायावती ने कहा कि बसपा और समाजवादी पार्टी का समझौता पूरी नेकनीयती और आएसी सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में काम कर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि ये पहला और परफेक्ट अलायंस है जो सामाजिक परिवर्तन की जरूरतों को पूरा करता है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता है पार्टी की प्रेस रिलीज के अनुसार मायावती ने कार्यकताओं ने कहा कि इस समय कई पार्टियां बसपा के साथ तालमेल के लिए आतुर हैं लेकिन थोड़े से चुनावी लाम के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पार्टी के हित में न हो सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वाराणसी स्थित बीएचयू के आयुर्वेद विभाग द्वारा कल से तीन दिनों की वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आयुर्वेद का आयोजन किया जायेगा इस कांग्रेस का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्वांतों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना है इससे समाज में एक नई चेतना पैदा होगी

यह उद्देश्य इसको प्राप्त करने के लिये हम लोग मंथन करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे आयुर्वेद पर कार्य लिया जाये जिससे कि इसके मानक विश्व पटल के मानक पर इसको कसौटी पर कसा जा सके यह उद्देश्य है कानपुर नगर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से बीते चार दिनों के अन्दर छह लोगों की मौत हो गई तथा पांच का इलाज किया जा रहा है जिला प्रशासन के अनुसार घाटमपुर की भीतरगांव चौकी अन्तर्गत खदरी गांव में शराब पीने से बीमार हुए लोगों को चार दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई थी वहीं तीन लोगों ने कल दम तोड़ दिया जिलाधिकारी विजय विश्वास पन्त और एसएसपी कानपुर नगर अनन्त देव ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर के बताया कि घटना के सम्बन्ध में आठ लोगो को गिरफ्तार किया गया है और एक दर्जन से अधिक लोगो को हिरासत में लेकर पूछतांछ की जा रही है इस सम्बंध में जिला आबकारी कानपुर नगर राजेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है वही मामले में आबकारी इंस्पेक्टर घाटमपुर कोतवाली प्रभारी समेत पांच लोग निलंबित किये जा चुके है घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जायेगी चित्रकूट धाम मंडल के चार जनपदों के पांच हजार युवा दैवीय आपदाओं से निपटने के गुर सीखेंगे इन युवाओं को राष्ट्रीय आपदा मोचन दल द्वारा कल से बचाव कार्य का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है जो कि अट्ठारह मार्च तक चलेगा प्रशिक्षण में युवाओं को बाढ़ अग्निकांड भूकम्प जैसी दैवीय आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने के टिप्स दिये जायेंगे शाहजहांपुर जिले में विश्व हिन्दू परिषद के पचास नामजद और सौ से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया था